श्री मोदी धार के पीजी कालेज मैदान पर आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे इस आयोजन में इंदौर और उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल होंगे श्री मोदी की यात्रा के मद्देनजर धार में सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं पार्टी सुत्रों के अनुसार श्री मोदी अहमदाबाद से विशेष विमान से रवाना होकर दो बजे इंदौर पहुंचेंगे इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से धार आएंगे वे सभा को संबोधित करने के बाद इंदौर होते हुए वापस दिल्ली लौट जाएंगे प्रधानमंत्री की यात्रा के लिये राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट को इंदौर के लिये और वन मंत्री उमंग सिघार को धार के लिये जिम्मेदारी सौंपी है दोनों मंत्री प्रधानमंत्री के आगमन और प्रस्थान पर स्वागत करेंगे

असंगठित क्षेत्र के कामगारों और श्रमिकों के लिए इस राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट में की गई थी इससे असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को साठ वर्ष की उम्र के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगा इस योजना से दस करोड़ कामगारों को लाभ होगा इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का वीडियों कान्फ्रेंसिंग से सीधा प्रसारण किया जायेगा शिवपूरी में श्रम विभाग द्वारा सभी असंगठित श्रमिकों से इस कार्यक्रम के प्रसारण को सुनने के लिए उपस्थित रहने की अपील की है विदिशा में भी कार्यक्रम के लाईव प्रसारण की व्यवस्था की गई है जिला श्रम पदाधिकारी ने श्रमिको से योजना के शुभारंभ मौके के लाईव प्रसारण कार्यक्रम आने की अपील की गई है खंडवा में भी गौरीकृंज सभाग्रह में कार्यकम दिखाया जायेगा

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शहीद परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है उनकी हर समस्या का समाधान सरकार करेगी उन्होंने छतरपुर के आरक्षक शहीद बालमुकुंद प्रजापति के परिवार को आश्वस्त किया कि उन्हें शीघ्र ही पिछले दो साल से रुकी पेंशन शुरु की जायेगी मुख्यमंत्री आज शौर्य स्मारक में मध्यप्रदेश सरकार और एक निजी चैनल द्वारा आयोजित र्देश भक्ति कार्यक्रम एक शाम देश के नाम में बोल रहे थे

इसमें बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निपटारा किया जाएगा कंपनी द्वारा विद्यत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें

कार्यशाला विपणन सहकारी संस्थाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और व्यवसाय उन्नयन की राज्य स्तरीय कार्यशाला आज कन्वेंशन सेन्टर मिन्टो हाल में आयोजित की गई है इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह मुख्य अतिथि के रूप में किसान समृदधि कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे राज्य सहकारी विपणन संघ की प्रबंध संचालक स्वाति मीणा नायक ने बताया कि कार्यशाला में किसान समृद्धि कार्यक्रम के साथ ही एनसीडीसी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण और विपणन सहकारी संस्थाओं के वित्तीय लिंकेज पर अपेक्स बैंक का प्रस्तुतिकरण होगा समर्थन मूल्य पर खरीदी के संबंध में सहकारी समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जायेगा

श्री तोमर ने रेडियो की महत्ता और मन की बात कार्यक्रम के संस्मरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के लिये रेडियो माध्यम को चुना क्योकि दूरदराज के क्षेत्रों में इसकी पहुंच सुगमता के साथ व्यापक रूप से है श्री तोमर ने यह बात कल आकाशवाणी केन्द्र ग्वालियर के एफ एम ट्रांसमीटर लोकार्पण के अवसर पर कही यह एफएम ट्रांसमीटर नियमित रूप से विविध भारती के कार्यक्रमों को अनुप्रसारित करेगा ये प्रसारण एफएम बैण्ड एक सौ एक दशमलव आठ मेगा हट्र्ज पर उपलब्ध रहेगा स्वरोजगार मेला सूक्ष्म लघू एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इकबाल मैदान सदर मंजिल के पास आज स्व रोजगार मेला एवं जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है मंत्री आरिफ अकील इसका शुभारंभ करेंगे

विभाग के नये पोर्टल ष्जॉब्स इन एमपीष् का विमोचन होगा उदयोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदर्शित की जायेगी युवा बेराजगारों को स्व रोजगार स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित कर स्वयं का उद्यम लगाने का मार्गदर्शन दिया जायेगा शिविर में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरण भी किया जायेगा एमपीऑनलाइन का स्टॉल भी लगेगा जहाँ इच्छुक आवेदक योजना अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे ओंकारेश्वर खंडवा जिले में ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट का मोबाइल एप ओंकारेश्वर नाम से बनाया गया है विधायक माँधाता नारायण पटेल ने कल षिवरात्रि के मौके पर इसका लोकार्पण किया इस एप को डाउनलोड कर इसके माध्यम से श्रद्वालु ओंकारेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन के साथ साथ प्रजन हेतु भी एडवांस बुकिंग करा सकते हैं महाप्रसाद के लड्डू ऑर्डर कर सकते हैं इसके साथ ही मंदिर को दान कर सकते हैं इस एप में सबसे बड़ी सुविधा लाइव दर्शन की है जो पहले मंदिर के अधिकारिक पोर्टल पर ही उपलब्ध थी इसी के साथ इसमें यहाँ आने वाले लोगों के लिए अन्य जानकारी भी है कलेक्टर विषेष गढ़पाले ने बताया कि ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने भगवान ओंकारेश्वर के चित्र वाले चाँदी के सिक्के चाँदी के बेलपत्री तथा रुद्राक्ष भी ऑनलाइन तथा काउंटर के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रारम्भ किया है किकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज नागपुर में खेला जाएगा मैच दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा पांच मैचों की श्रृंखला में भारत एक शुन्य की बढ़त ले चुका है और अब वह इस बढ़त को बनाए रखने की कोशिश करेगा शनिवार को श्रंखला के पहले मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हरा दिया मौसम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज गरज चमक के साथ बौछारें पडने से फिर एक बार ठंड बढ़ सकती है मौसम विभाग ने भोपाल छिदवाडा नरसिंहपुर विदिशा रायसेन और राजगढ़ जिले में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है

प्रशासन नुकसान का सर्वेक्षण करा रहा है